भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन पर जवाबी कार्यवाही में बकबूज़ा क भीर के आतंकी ठिकानों पर जम कर गोलीबारी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह सात बजे से भााम छह बजे तक मतदान होगा

सभी मतदान केन्द्रों पर हरियाणा पुलिस अर्धसैनिक बलों और होमगार्ड के जवान तैनात कर दिये गए हैं हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और इंडियन ने ानल लोकदल के बीच मुख्य मुकाबला है

कई बथों पर पोलिंग पार्टियां पहंच चकी हैं और पोलिंग बूथों को मतदान के लिए तैया करना भारू कर दिया है पोलिंग पाटियों के साथ पुलिस जवानों और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को भी पोलिंग केन्द्रों के लिए रवाना किया गया है

कुल मिलाकर सुरक्षा चाक चौबंद है

उधर पंजाब में भी चार विधानसभा क्षेत्रों में कल उपचुनाव होंगे ये क्षेत्र हैं जलालाबाद दाखां फगवाड़ा और मुकेरियां

हमारे चण्डीगढ संवाददाता अनुसार इन सीटों पर वैसे तो तिकोणा या चहुकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है पर मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और शिारोमणी अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच है हरियाणा के पुलिस महानिदे ाक मनोज यादव ने बताया कि स्वतंत्र व निश्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां मुक्कमण कर ली गई हैं

हालांकि इसी दिन विधानसभा चुनाव के कारण पुलिस चुनाव प्रकिया में पूरी तरह से व्यस्त है और हर एक कर्मी चुनाव डयूटी पर हैं फिर भी समी जिला पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में कल पुलिस के वीर जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करें असंघ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक वीडियो वायरल होने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कड़ा संज्ञान लेते हुए चनाव को भाांति एवं पृर्ण पारदप्रिता के साथ संपन्न करवाने के लिए पूर्व उप निर्वाचन आयक्त विनोद जत्तीी को स्पै ाल चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है

विनोद जुत्ती अब असंध विधानसभा क्षेत्र के चुनाव का पर्यवेक्षण करेंगे

पाकिस्तानी समूहों द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तार द्वारा कब्जा किए गए क मीर पर आतंकवादियों के ठिकानों पर गोलीबारी की भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज की चौंकियों पर भी हमला किया जो कि भारतीय सीमा में आतंकियों को भेज रहे हैं तोपाखाने द्वारा भी गोलीबारी की गई नीलम घाटी में कुछ ठिकानों को नश्ट किया गया जहां कुछ के मरने का भी समाचार है कपवाडा जिले के तंगघर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किए जाने पर ये कदम उठाया गया पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी से दो भारतीय सैनिक और एक नागरिक मारा गया है केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतामरन ने कहा कि भारत और अमरीका में व्यापारिक समझोते को लेकर लगातार बातचीत जारी है

वित्त मंत्री श्रीमती सीतामरन और अमरीका के वित्त मंत्री स्टीवन मनूचिन में अंतरराश्ट्रीय मुद्रा कोश के मुख्यालय में इस समझोते संबंधि बातचीत हुई श्री मनूचिन का अगले महीने भारत आने का प्रोग्राम है भारत अमरीका की ओर से इस्पात और एल्मिनीयम के कुछ उत्पादों पर लगाए गए भारी भाल्कसे छूट की मांग कर रहा है अमरीका ने अपनी प्राथमिकता प्रणाली र्जीएसटी के तहत यह भारी भार्ल्क लगाया है भारत अपने उत्पादों के लिए अमरीका के कृशि ऑटोमोबाईल और कलपुर्जों के क्षेत्र में विपणन भी चाहता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत और फिलिपींस की जनता के बीच दशकों से जारी मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद करते हुए कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में फिलिपींस में भारतवंशियों की संख्याो में उल्लेहखनीय वृद्धि हुई है और समी भारतवंशी फिलिपींस की अर्थव्यिवस्था और समाज को मजबूत बनाने में योगदान कर रहे हैं आज राजघानी मनीला में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को भी अन्य देशों में रह रहे भारतवंशियों के सहयोग की आवश्यकता है राश्ट्रपति ने कहा कि मेक इन इंडिया स्किल इंडिया गंगा उद्वार परियोजना स्वच्छ भारत मि ान स्मार्ट भज्ञहर और जब जीवन भि ान जैसे कार्यक्रमों को सहयोग की आव यकता है राश्ट्रपति ने कहा कि फिलीपींस में भारतीय कंपनीयां अच्छा कारोबार कर रही हैं श्री कोविंद दो देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल फिलिपींस से जापान के लिए रवाना होंगे